जन अभियान परिषद भंग करने के सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है उन्होंने कहा कि वे किसी भी सरकारी संस्था के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ है और यह नहीं होने देंगे इसके साथ ही श्री कमलनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बिजली की दरें कम की हैं उन्होंने कहा कि फिल्म स्टार सलमान खान को प्रदेश का ब्रांड एम्बसेडर बनाने पर विचार किया जा रहा है केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय कैबिनेट समिति ने प्रदेश के ग्वालियर आगरमालवा अलीराजपुर अनूपपुर मंदसौर के शामगढ में नये केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की मंजूरी दी है कल नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई

महिला दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला दिवस पर सभी नागरिकों विशेष रूप से भारत की बेटियों को बधाई दी है

यह भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है

महिला और बाल विकास मंत्रालय महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में अनवरत सेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है इस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार एक वन स्टॉप सेंटर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालक बालिका अनुपात में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाने वाले एक राज्य को भी दिया जाएगा महिला दिवस प्रदेश प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबला दिवस के रूप में मनाया जायेगा

इस उत्सव के दौरान कविता कहानी कला शिविर परिचर्चाएं लोक गायन फिल्म प्रदर्शन नृत्य एवं नाटकों का मंचन किया जाएगा ग्वालियर में बिटिया उत्सव को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं बिटिया उत्सव के मुख्य अतिथि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी करेंगीं सांसद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कल भोपाल में बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है साथ ही विकास कार्यो में महिलाओं की भागीदारी बनाने के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवा रही है भोपाल में महापौर आलोक शर्मा ने महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए लो फ़्लोर बसों में आज मुफ़्त यात्रा की सुविधा घोषित की है

राज्य सरकार ने शिक्षा के अधिकार में संशोधन कर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है अगले शिक्षा सत्र से इन दोनों कक्षाओं के लिए नियमित परीक्षा होगी और राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित अंक या ग्रेड प्राप्त करने पर ही विद्यार्थी को उत्तीर्ण माना जायेगा विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण होने पर परिणाम घोषित होने की तारीख से दो महीने के भीतर उसे दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जायेगा कुलपति राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने डॉ बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद के क्लपति डॉ पंकज लक्ष्मण जानी को महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन का कुलपति नियुक्त किया है महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविदयालय उज्जैन के लिए डॉ पंकज लक्ष्मण जानी की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की के लिए की गई है रेत खनन नीति मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नई रेत खनन नीति का मसौदा तैयार करने के लिये मंत्रि परिषद की उप समिति गठित की है समिति अपनी अनुशंसा एक माह में प्रस्तुत करेगी उप समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री तरुण भनोत होंगे समिति के सदस्यों में वाणिज्यिक कर मंत्री बुजेन्द्र सिंह राठौर खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल लोक स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल और नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह शामिल हैं संघ बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज ग्वालियर में षुरू होगी इसका शुभारंभ सरसंघचालक मोहन जी भागवत करेंगे

बैठक में शामिल होने आए देषभर के प्रतिनिधियों को ग्वालियर के गौरव से परिचित कराने के लिए गौरव दर्शन प्रदर्शनी भी लगाई गई है भाजपा आंदोलन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक न पहॅचने देने का आरोप लगाया है उन्होंने भोपाल में जारी बयान में कहा है कि इसके विरोध में पूरे प्रदेश में कल धिक्कार आंदोलन के तहत भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेंगे होटल आग इन्दौर में कल एमजी रोड स्थित एक होटल में आग लग गई दम घुटने से होटल में ठहरी दो वृद्धाओं सहित चार लोग घायल हुए हैं

सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने खिडकियों के कांच तोड़कर उन्हें बाहर निकाला किकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा मैच दोपहर डेढ़ बजे शुरू होगा पांच मैचों की श्रृंखला में भारत दो शून्य से आगे है

जिन किसानों ने फसल ऋण की अदायगी कर दी सम्मान स्वरूप उन्हें ताम्रपत्र वितरित किया